हरियाणा को मिली कोरोना वैक्सीन की हली खे प्रदेश के सभी ज़िलों में वितरित की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने कहा कि सभी जिले टीकाकरण के लिए तैयार है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चंडीगढ़ और हिसार के बीच हवाई सेवा की शुरूआत की

बार बार हाथ धोना व मास्क हनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी

यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अमल होगा

यह फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति कोविड प्रबंधन और टीकाकरण सेवायें एवं गैर कोविड जरूरी स्वास्थ्य सेवायें एक द्सरे को प्रभावित किये जबना मुहैया करवाई जायेगी के अन्सार लिया गया है हरियाणा को मिली कोरोना वैक्सीन की हली खे प्रदेश के सभी जिलों में वितरित कर दी गई है

आकाश्वाणी के साथ बातचीत मे श्री बंसल ने बताया कि कल चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे र प्राप्त हई वैक्सीन को कुरूक्षेत्र स्थित राज्य स्तरीय भंडारण केन्द्र रख गया और आज सभी जिलों में भेज दिया गया है भेजी गई खुराक जिला जानकारी देते हये उन्होंने बताया कि सभी जिले टीकाकरण के लिए तैयार है इस बीच मिली जानकारी के अन्सार कोरोना वैक्सीन की हली खेल करनाल स्थित स्वास्थ्य एवं रिवार कल्याण मंत्रालय के सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार हूंच गई है

वैक्सीन कंटेनर प्रभारी सीता राम ने बताया कि वैक्सीन की यह खेल कल प्राप्त हुई थी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डे से चंडीगढ़ और हिसार के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की मुख्यमंत्री ने इस अवसर प्र इस उड़ान के प्रहले यात्री को बोर्डिंग ास दिया एवं हवाई ट्टी र जाकर जहाज के बारे में जानकारी ली

इस अवसर र मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मंकर संक्रान्ति के शुभ दिन हरियाणा में हवाई सेवाओं की दिशा में आज एक नए अध्याय की श्रुआत हई है उन्होंने बताया कि एयर टैक्सी कम् नी ने चार सीटर हवाई जहाज मंगावायें हैं इसमें एक समय में श्रायलट के अलावा तीन लोग यात्रा कर सकेंगे

यह सेवा भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू हई है

केन्द्र सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों का खडंन किया है जिनमे कहा गया है रेलवे यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूल कर रहा है रेल मंत्रालय ने कहा कि ये खबरे ग्मराहकृन और बेब्नियाद है मंत्रालय ने कहा है कि त्यौहारों और छट्टियों के दौरान भीड़ को कम करने के लिए विशेष रेलगाडियों चलाई गई है

भारतीय सशस्त्र बल आज वरिष्ठ सेवामक्त सैनिक दिवस मना रहे है

उन्होंने कहा कि सशस्त्र कहा कि कोविड महामारी का मुकाबला करते हथे उत्तरी सीमाओं र बहाद्री से डटे रहे

उन्होंने कहा कि इस दौरान देशभर मे बहत से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश र मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के रियोजना निदेशक डॉ राकेश गुप्ता ने अंत्योदय सरल रियोजना में सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हए यह बात कही डॉ राकेश ग्प्ता ने कहा कि सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं को नागरिकों तक एक एकीकृत मंच के माध्यम से समयबद्ध एवं बेहतर तरीके से ाहूंचाने के दृष्टिकोण से अंत्योदय सरल मंच विकसित किया गया है

हरियाणा में आज मंकर संक्राति का त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया गया भिवानी अम्बाला और यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौके शर जगह जगह भंडारे लगाये गये और लोगों को प्रसाद बांटा गया लोगों ने सरम्मरा के अन्सार खिचड़ी का दान भी किया